पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने कहा ईवीएम पर नहीं है कोई संदेह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा असल मुद्दा वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के लिए अलग बजट की बात कही मतदाताओं को जागरुक करने के लिए प्रदेश भर में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम श्रद्वाभाव से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव और गुड फायडे

इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं आज भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज गुजरात और केरल में चुनाव रैलियां की

उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बहजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने मैनपुरी में संयुक्त रैली की

इस बीच लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए नामांकन कल समाप्त हो गया

नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं पूर्व चुनाव आयुक्त देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने कहा है कि चुनाव में उपयोग की जा रही ईवीएम मशीनो पर कोइ संदेह नहीं है लेकिन ईवीएम जिन कर्मचारियों के हाथों में रहती है उनकी विश्वसनीयता जरूरी है श्री रावत ने आज इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विश्वभर में लोग ईवीएम की प्रशंसा करते हैं लेकिन हमारे यहां राजनीतिक पार्टियां ईवीएम पर प्रश्नचिन्ह लगा रही हैं उन्होंने कहा कि यदि आयोग निगरानी नहीं रखता तो ईवीएम पर ही आरोप लगता है इसलिए ईवीएम की विश्वसनीयता के लिए यह आवश्यक है कि जिन हाथों में वो हैं वो निष्पक्ष रहे प्रियंका इस्तीफा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर शिवसेना में शामिल हो गईं सुश्री चतुर्वेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अपना त्यागपत्र भेज दिया है श्री गांधी को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि हालांकि पार्टी महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात करती है लेकिन कुछ सदस्यों का व्यवहार इसके प्रतिकूल है बाद में उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्वव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना की सदस्यता ली पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मुम्बई उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है उन्होंने कहा कि महिला सम्मान बहत बड़ा मुद्दा है और मैने आत्मसम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर शिवसेना में जुड़ने का फैसला लिया है

उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड ने महिलाओं को वित्तीय साक्षरता के माध्यम से सशक्त बनाने पर जोर दिया है आज हैदराबाद में वित्तीय साक्षरता के जरिए महिलाओं का सशक्तीकरण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री नायड् ने कहा कि देश तब तक प्रगति नहीं कर सकेगा जब तक महिलाओं को जीवन की हर गतिविधि में बराबरी के साझेदार के रूप में शामिल न किया जाए उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं को बड़े पैमाने पर शामिल करके ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है शाह राहल भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में असली मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा है न कि विकास गुजरात के वलसाड जिले के मालनपाड़ा और छोटा उदयपुर के बोडेली में सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के विकास की दिशा में काफी कुछ किया है लेकिन असली मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा का है और भाजपा को छोड़कर अन्य कोई पार्टी या नेता इसका आश्वाासन नहीं दे सकता उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने तापी जिले के बाजीपुरा में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के लिए अलग से बजट दिया जायेगा

प्रज्ञा आरोप प्रतिक्रिया भोपाल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह द्वारा मुम्बई के पूर्व एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे के खिलाफ दिये गये विवादित बयान की कांग्रेस ने निंदा की है कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सुश्री प्रज्ञा के बयान से भारतीय जनता पार्टी का कथित राष्ट्रविरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है उधर इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच गई है आयोग के सूत्रों का कहना है कि वो शिकायत का अध्ययन कर रहे हैं वहीं आईपीएस अधिकारियों के एसोशियेसन ने भी इस बयान की आलोचना की है उधर भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा के बयान से खुद को अलग करते हुए कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है और उन्होंने यह बयान जेल में हुई मानसिक पीड़ा और शारीरिक यातना के कारण दिया होगा भाजपा ने कहा है कि पार्टी हेमंत करकरे को शहीद मानती है मतदाता जागरूकता प्रदेश के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रशिक्षण और मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं इस कम में दमोह में आज एक वाहन रैली निकाली गई रैली को जिला निर्वाचन अधिकारी ने रवाना किया जो विभिन्न मार्गो से होती हई बांदकपुर पहुंची कटनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां विकासखण्ड स्तर पर दो दिवसीय कार्यक्रम आओ खेलें वोट के लिए के तहत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया राजगढ़ जिले में भी लोकसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा की गई इस मौके पर विद्यार्थियों को मतदान की प्रकिया से अवगत कराया गया उधर रीवा संभाग आयुक्त डॉक्टर अशोक भार्गव खुद चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा कर रहे हैं मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को कोई असुविधा न हो इसके लिए उन्हें मतदान केन्द्र पर लाने ले जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था व्हील चेयर्स आदि की व्यवस्था की जा रही है गुड फ्रायडे प्रभू ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में गुड फ्राइडे आज देश के साथ प्रदेश में भी श्रद्वापूर्वक मनाया गया इस अवसर पर प्रदेश के गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया राजधानी भोपाल के प्रमुख गिरजाघरों में कल रात से ही विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने गुड फ्राइडे पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनायें दी हैं हनुमान जयंती देश सहित प्रदेश में भी आज हनुमान जन्मोत्सव पारंपरिक श्रद्दाभाव से मनाया गया इस अवसर पर जगह जगह भण्डारों के आयोजन किये जा रहे हैं राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही हनुमान मंदिरों में लोगों की खासी भीड़ दिखाई दे रही है इस अवसर पर पुराने भोपाल में चल समारोह निकाला गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने भी इस अवसर पर लोर्गो को बधाई दी है प्रदेश के खंडवा सीहोर उमरिया होशंगाबाद सतना रायसेन जिले के छीन्द और शिवपूरी सहित अन्य जिलों से भी हनुमान जयंती मनाये जाने के समाचार मिले हैं

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों मे मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है

इसके तहत दीपदान साइकिल रैली नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा